कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से पूरे देश में पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है इस श्रेणी में एक जनवरी उन्नीस सौ सतहत्तर से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है

यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ब्रुकिंग की है तो इसे किसी मी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से ब्रुकिंग कराने की जरूरत नहीं है

भूपेन्द्र के साथ अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली राज्य में भी पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाने की मुहिम शुरू हो गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्वयं टीका लगवाकर टीकाकरण अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है उन्होंने लोगों को टीकाकरण के संबंध में फैलाये जा रहे दुष्प्रचार से बचने की सलाह दी

पिछले चौबीस घंटों में इक्यानवें हजार तीन सौ उनतालीस व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाये गये इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में दो सौ उनसठ नये मरीजों की प्रष्टि हुई है सबसे अधिक पटना में छिहत्तर मामले सामने आये हैं प्रदेश में अभी सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार पांच सौ उनासी है समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दस छात्रों के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे विश्वविद्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येन्द्र कुमार गुप्ता ने बताया कि संक्रमित छात्रों को विश्वविद्यालय के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं की कोविड जांच करायी जा रही है देश में अब तक छह करोड इक्यावन लाख सत्रह हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये गये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान बीस लाख तिरसठ हजार से अधिक टीके लगाये गये इस दौरान देशभर में बहत्तर हजार तीन सौ तीस नये कोविड मामलों की पुष्टि हुई है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान चालीस हजार से अधिक रोगी ठीक हुए हैं इसके साथ ही देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव आठ नौ प्रतिशत हो गई है इस समय देश में पांच लाख चौरासी हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं कोविड उन्नीस महामारी पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश आज से लागू हो गये हैं ये दिशा निर्देश तीस अप्रैल तक लागू रहेंगे इन दिशा निर्देशों का मुख्य जोर महामारी की रोकथाम में मिली बड़ी सफलता को और मजबूत करना है बिहार सहित देश के कुछ भागों में कोविड उन्नीस के मामलों में फिर से तेजी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के ताजा दिशा निर्देशों में राज्य सरकारों के लिए जांच निगरानी और इलाज पर कडाई से अमल करना जरूरी हो गया है राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग कोविड सम्बंधी एहतियातों का पालन करें और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान तेज किया जाए एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कोविड टीकाकरण अभियान को प्रभावी बताते हुए लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ने से देश भर में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्युनिटी आयेगी

सरकार ने टीकाकरण के दौरान टीके की बर्बादी एक प्रतिशत से भी कम रखने और वैक्सीन का भंडारण ज्यादा दिनों तक नहीं करने की सलाह दी है कोविड टीकाकरण पर उच्चाधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आर एस शर्मा ने कहा कि वैक्सीन के भंडारण में कोई समस्या नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी खुराक के लिए वैक्सीन को बचाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को इसकी लगातार आपूर्ति करते रहें जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष दो हजार उन्नीस के प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की

इस बार चयन करने के लिए पांच जूरी मेंबर थे आशा भोंसले मोहन लाल विश्वजीत चौटर्जी शंकर महादेवन और सुभाष घई ये पांच जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्व सम्मति से अपने महानायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारीश की है और उसको हमने स्वीकारा है रजनीकांत को यह पुरस्कार अगले महीने की तीन तारीख को दिया जाएगा केन्द्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च दो हजार इक्कीस के अनुसार जारी रहेंगी केन्द्र सरकार ने आधार संख्या को पैन नम्बर के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीस जून कर दी है कोविड उन्नीस महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा कल खत्म हो गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संरक्षण को वर्तमान समय की आवश्यकता बताते हुए लोगों से पानी का दुरूपयोग नहीं करने की अपील की है श्री कुमार आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की ओर से आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि गंगा नदी के पानी को साफ कर स्वच्छ पेयजल के रूप में राजगीर बोधगया गया और नवादा पहुंचाया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के पानी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एक सौ पैंतीस लीटर जलापूर्ति की योजना है राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई इलाकों में पूरबा हवा चलने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरी भागों में दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी भाग में उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रभाव बना हुआ है पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में पुनः वृद्धि होगी

अब वित्तीय संस्थाओं के पास नई व्यवस्था लागू करने के लिए तीस सितंबर तक का समय होगा

मूलतरू स्वतरू भुगतान व्यवस्था उपमोक्ताओं द्वारा बिल पेमेंट ओटीटी रिचार्ज तथा अन्य ऐसे ही मासिक भुगतानों के लिए किया जाता है पांच हजार रुपयों से कम की स्वतरू भूगतान पर भी अब बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने उपमोक्ताओं को भूगतान से कुछ दिन पहले अलर्ट करना होगा

इसके अतिरिक्त देश में श्रमिकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक और स्वस्थ वातावरण की परिकल्पना करने वाली सरकार की नई श्रम संहिताएं भी राज्य सरकारों द्वारा इनसे संबंधित नियम बनाने तक आगे बढ़ा दी गई हैं आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली केन्द्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर चौदह अप्रैल को केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी चौदह अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा नवादा के गोंदापुर खरीदी बिगहा और सिसवां में कथित जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या बारह हो गई है वहीं दो लोगों के आंखों की रौशनी चली गई है कल नौ लोगों की मौत हुई थी हालांकि जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने कहा कि कुछ लोगों की मौत डायरिया और हार्ट अटैक से हुई है श्री मीणा ने बताया कि जांच के लिए मेडिकल टीम गठित की गई है इधर सांसद चंदन सिंह ने अस्पताल के निरीक्षण के बाद प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है देश की आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगाठ के अवसर पर अमृत उत्सव की शुरुआत दस अप्रैल को बेतिया के व्रन्दावन आश्रम से होगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जयसवाल ने आज बेतिया में संवाददाताओं से बातचीत में इस बात की जानकारी दी श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में केन्द्रीय कला संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल सहित राज्य के कई मंत्री शामिल होंगे रोहतास जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने चोरी हुए चौवन मोबाईल को बरामद किया है पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि मोबाईल के मालिकों का पता चलाकर उन्हें लौटाया जा रहा है नालंदा जिले के नकटप्रा गांव में बीएसएफ के जवान राजीव यादव ने संपत्ति विवाद में अपने चाचा और उसके दो पुत्रों को गोली मारकर घायल कर दिया सदर डीएसपी शिब्ली नोमानी ने बताया कि आरोपित जवान को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है बक्सर जिले के सोनवर्षा थाना के करजुआ गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की ठोकर से मोटरसाईकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी जबकि एक घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है वहीं खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या इकतीस पर एकनिया ढाला के समीप सड़क दुर्घटना में बाईक सवार एक युवक की मौत हो गयी